ये सभी शादी समारोह में हिस्सा लेने शिमला के उपनगर कुसुंपटी से गुम्मा की तरफ जा रहे थे इस हादसे में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के छोटे भाई नित्यानंद भारद्वाज की भी मृत्यु हुई है घायलों को आईजीएमसी में भर्ती किया गया है पुलिस अधीक्षक ओमापति जंबाल ने बताया कि मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है नवरात्र शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न शक्पिठों व मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है आज मां दूर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं मौसम जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बीती रात से भारी बर्फबारी हो रही है इससे लाहौल घाटी की सभी अंदरूनी सड़कें अवरूद्व हो गई हैं केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि बर्फबारी का दौर अमी भी जारी है तथा इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है कुल्लू और चंबा जिले की उंची चोटियों पर भी रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है भारी बर्फबारी से रोहतांग दर्रा भी यातायात की आवाजाही के लिए बंद हो गया है हमीरपुर सोलन बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में आज तड़के आंधी के साथ बारिश हुई राजधानी शिमला में भी बारिश का दौर जारी है मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ गई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने हिमुडा के फ्लैट आबंटन और पुलिस कर्मियों की पदोन्नति से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है फ्लैट देने में हिमुडा ने किए हाथ खड़े ब्याज समेत लौटाएंगे पैसा दैनिक जागरण लिखता है फ्लैट न प्लॉट हिमुडा लौटाएगा पैसा

दैनिक सवेरा टाईम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है भराड़ी में पुलिस अकादमी खोलेगी प्रदेश सरकार

इसी समाचार पत्र ने शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश को शीर्षक दिया है शपथ पत्र से बताएं कितने समय में भरेंगे खाली पद धारा एक सौ अठारह के तहत कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मामले पर दैनिक जागरण की सुर्खी है दो संदिग्ध आरापितों के होंगे लाई डिटेक्टर टैस्ट कसौली में निर्माण कार्यों पर एनजीटी की मनाही शीर्षक से खबर को दैनिक सेवरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है

प्रदेश में जल्द होगी बोर्डों व निगमों में ताजपोशी अजीत समाचार की एक खबर है छैला सड़क हादसे की खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है छैला में टैंपो ट्रेवलर गिरी शिक्षा मंत्री के भाई सहित तीन की मौत